राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज उन्हें राजभवन में पद की शपथ दिलाई इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित राज्य सरकार के कई मंत्री विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी मुख्य सचिव डीबो गुप्ता पुलिस महानिदेशक भूपेन्द्र सिंह सहित कई न्यायिक अधिकारी और अन्य लोग मौजूद रहे

श्री महान्ती ओडिशा हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश रहे है

शीर्ष न्यायालय ने सड़क दुर्घटना के दोषियों पर केवल मोटर वाहन अधिनियम के तहत अभियोग चलाने का गुवाहाटी उच्च न्यायालय का आदेश रद्द कर दिया भारतीय दंड संहिता के तहत मोटर वाहन दुर्घटना के दोषियों की सजा मोटर वाहन अधिनियम की तुलना में अधिक सख्त है

यह वित्तीय सहायता सेना युद्ध शहीद कल्याण कोष के तहत दी जाएगी रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि यह संशोधित फैमिली पेंशन ग्रप इन्श्योरेंस और अनुग्रह राशि के अतिरिक्त होगी

इनसे पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कल नई दिल्ली में सीएसआईआर द्वारा विकसित अनार पेंसिल और चकरी जैसे अधिक मांग वाले पटाखे दिखाए उन्होंने घोषणा की कि ये पटाखे अब विक्रेताओं और ग्राहकों के लिए बाजार में उपलब्ध हैं

इससे तेल के उत्पादन में इसका इस्तेमाल होने के साथ मीठा पानी होने की स्थिति में उसका अन्य उपयोग भी किया जा सकेगा

इस अवसर पर घरों और मन्दिरों में माँ दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना कर कन्या भोज करवाया जा रहा है वहीं जगह जगह पाण्डाल लगाकर देवी माँ की आराधाना की जा रही है करौली से हमारे संवाददाता ने बताया कि उत्तर भारत की प्रसिद्ध शक्ति पीठ कैलादेवी में दुर्गाष्टमी के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे है इसे देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के विशेष इन्तजाम किए है वहीं बांसवाड़ा में माँ त्रिपुरा सुन्दरी मन्दिर में सुबह से ही देवी माँ के दर्शनों के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है सीकर के जीणमाता और शाकम्भरी माता मन्दिर में भी काफी संख्या में श्रद्वालू पहुंच रहे है प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर रामलीला का भी मंचन हो रहा है दौसा में द्र्गाष्टमी के अवसर पर सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दुर्गा अष्टमी के शुभ अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाए दी हैं

आरोपी इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीई डिग्री धारक पढ़ा लिखा युवक है